आज ओडिसा में तालचेर में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत दस करोड़ से ज्यादा गरीबों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है

अस्पताल समय पर क्लेम पेश करेंगे तो उन्हें भुगतान भी समय पर मिलेगा मिशन निदेशक एनएचएम नवीन जैन ने एक पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि योजना से जुड़े हए सभी निजी और सरकारी अस्पताल पहले की तरह भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में मरीजों का इलाज जारी रखें उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी ने अस्पतालों के प्रस्तुत किए गए कुछ क्लेम्स को निरस्त किया है

बसें नहीं चलने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है इस वजह से सरकार को भी राजस्व हानि हो रही है इस बीच राज्य के कई स्थानों पर रोडवेजकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया

गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेन्द्र सिंह शिव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक है

एक दिन के दौरे पर राजस्थान आये श्री शाह ने आज गंगापुरसिटी में पार्टी कार्यकर्ताओं और जनसभा को सम्बोधित किया इसके बाद कोटा में पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए श्री शाह ने दावा किया कि राजस्थान से भाजपा सरकार को कोई नहीं हिला सकता

श्री राठौड ने देश आर्थिक और सामाजिक रूप से तथा सैन्य मोर्चे पर सशक्त हआ है

दोनों ही स्थानों पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई और पर्याप्त पुलिस बल तैनात है

झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश हुई धौलपुर बूंदी उदयपुर सीकर सवाईमाधोपुर डूंगरपुर में रूक रूक कर बारिश होने के समाचार हैं राजधानी जयपुर में भी छुटपुट बारिश हुई है नागौर में आसमान में बादल छाये रहे